मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कमार ने कहा कि पाकिस्तान के इस प्रयास को पूरी तरह विफल कर दिया और उनका एक युद्धक विमान मार गिराया गया हालांकि इस अभियान में एक भारतीय पायलट लापता हो गया रवीश कमार ने एयर वाइस मार्शल आरजीके कप्र के साथ एक अत्यंत संक्षिप्त बयान में यह भी कहा कि भारतीय पायलट को पकड़ लेने के पाकिस्तान के दावे की पड़ताल की जा रही है विदेश मंत्रालय ने आज पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त को भी तलब किया इस बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के डीजीसीए ने आज कहा कि सुबह जिन नौ हवाई अड्डों पर असैन्य उड़ानों का परिचालन रोका गया था वहां अब विमानों की आवाजाही फिलहाल बहाल कर दी गई है डीजीसीए के एक प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल इन हवाई अड्डों पर उड़ानों का परिचालन बहाल हो गया है डीजीसीए ने आज सुबह ही श्रीनगर जम्मू लेह पठानकोट अमृतसर शिमला कांगड़ा कुल्लू मनाली और पिथौरागढ हवाई अड्डो पर विमानों को परिचालन बंद करने के निर्देश दिए थे

रेलवे सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में चलने वाली सभी ट्रेनों और रेलवे परिसरों की सुरक्षा बढा दी गई है

मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गुप्तचर एजेंसियों के प्रमुख और गृहसचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे बैठक में सभी नागरिक हवाई अड्डों की सुरक्षा की समीक्षा की गई सीआईएसएफ से सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा चौकस करने को कहा गया है बैठक में अर्द्वसैनिक बलों के महानिदेशकों को सीमा पर पूरी तैयारी और तैनाती के आदेश दिये गये हैं केन्द्र सरकार ने सीमाओं से लगते राज्यों को सीमावर्ती क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए तैयार रहने को कहा है इस बीच चीन और रूस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रूख का समर्थन किया है

मुख्यमंत्री ने सीमा पर उत्पन्न वर्तमान स्थिति के मददेनजर प्रदेश में विशेष सतर्कता और चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारी सेना और बीएसएफ के साथ सतृत सम्पर्क में रहे सरकार ने सीमावर्ती जिलों के सभी पुलिस और प्रषासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देष दिये हैं साथ ही सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों की छटियां भी रदद कर दी गयी हैं इस बैठक में मुख्य सचिव डी बी गुप्ता गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप सहित पुलिस और प्रषासन के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया पष्विमी सरहद पर सीमा सुरक्षा बल और सेना भी अलर्ट हैं

श्री मोदी ने कहा कि भारत को नई उंचाईयों तक ले जाने के लिए हर देशवासी को कार्य करना होगा प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से आग्रह किया कि समाज की बेहतरी के लिए उन्नत संचार कौशल विकसित करना चाहिए उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रेरक मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय युवा संसद समारोह से आपसी चर्चा की बेहतर प्रक्रिया विकसित होगी

यह पुरस्कार ई गवर्नेस पहल को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं डॉ सिंह ने छह वर्गो में यह पुरस्कार वितरित किए नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में विमान यात्रियों का अधिकार पत्र जारी किया अधिकार पत्र के अनुसार यदि किसी घरेलू उड़ान के छह घंटे से अधिक समय की देरी होने की संभावना हो तो विमान कपनी को इस अवधि के दौरान यात्री को वैकल्पिक उड़ान से जाने का अवसर देना होगा या फिर वह टिकट की पूरी कीमत लौटाएगी

बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता के लिए संदेश रैली निकाली जिसे पंचायत समिति प्रधान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उधर सवाईमाधोपुर में आगामी लोकसभा चुनाव में काम आने वाली विभिन्न प्रकार की एपलीकेशन्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ

सरकार ने कहा है कि धोखाधडी रोकने तथा अनुपालन बढाने के लिए वह और कदम उठाएगी आज नई दिल्ली में अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क सदस्य जॉन जोसफ ने ये जानकारी दी

इस मौके पर श्री गर्ग ने कहा कि पुलिसकर्मी सदैव अपने कर्तव्य निर्वहन में तत्पर रहते हैं उन्होंने कहा कि खेलों की जीवन मे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है खेलो के माध्यम से व्यक्ति में अनुशासन और टीम भावना विकसित होती है

सीकर में अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से प्याज के उचित मूल्य की मांग को लेकर आज से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू किया गया

एक अन्य मामले में नागौर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चार वर्षीय बालिका का अपहरण कर द्वष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को सात साल के कारावास और एक हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनायी

इस समारोह में करीब एक हजार कैंसर सरवाईवर्स भाग लेंगे नागौर जिले की डेगाना तहसील के तिलानेस गांव में आज शहीद मोडाराम की प्रतिमा का अनावरण सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने किया

ठंडी हवा चलने से एक बार फिर ठिदुरन का अहसास हो रहा है मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में भी कमी दर्ज की गई है